मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मीडिया से बातचीत में इसकी पुष्टि की

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई गौरतलब है कि राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थता के चलते पिछले कई दिनों से लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती हैं इसके मद्देनजर उत्तरप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती पटेल को मध्यप्रदेश के राज्यपाल का प्रभार सौंपा गया है

श्री चौहान ने लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार किये गये वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

जबलपुर में सांसद राकेश सिंह की मौजूदगी में अभियान का शुभारंभ हुआ छतरपुर में टीकमगढ सांसद वीरेन्द्र कुमार और कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरूआत की छिंदवाड़ा में कलेक्टर सौरभ कमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने अभियान की शुरूआत की आगरमालवा में जनपद शिक्षा केन्द्र कार्यालयों में अभियान के कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं देवास में सांसद महेन्द्र सिंह सोलंकी ने स्थानीय क्शाभाउ ठाकरे स्टेडियम परिसर में अभियान की शुरूआत की

शिवपुरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एएल शर्मा ने लोगों से सहयोग की अपील की

नियुक्ति भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्व विद्यालय के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जन संचार संस्थान आईआईएमसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे कृषि को लाभदायक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करें

उन्होंने कहा कि बिना किसी बाधा के रबी की फसल की कटाई और इसकी खरीद प्रक्रिया पूरी की गई है

विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृ त पदों के विरूद्व उन्ही अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया गया है जो पिछले सत्र में आमंत्रित किए गए थे

वहीं होशंगाबाद जिले में स्थिति सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है